ट्रेन रदद रेलवे ने बारह अगस्त तक मेल एक्सप्रेस यात्री और उपनगरीय सेवा सहित सभी नियमित समय सारणीबद्व यात्री सेवाएं रद्द करने का फैसला किया है

एक जुलाई से बारह अगस्त के बीच यात्रा के लिए नियमित समय सारणीबद्ध रेलगाडियों के लिए बुक किए गए सभी टिकट रद्द समझे जाएंगे और उनका पूरा रिफंड यात्रियों को किया जाएगा

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में परीक्षण और उपचार सुविधाओं में वृद्वि शारीरिक दूरी का पालन करने और फीवर क्लीनिक चलाने जैसे उपायों से कोरोना वायरस को नियंत्रित करने में सफल रहा है

बड़वानी में कल चार लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव है

श्री मोदी ने इसके लिए लोगों से विचार आमंत्रित किए हैं

श्री नरवाल ने बताया कि लाक डाउन के दौरान कई स्थानों पर औसत व एकसाथ ली गई रीडिंग को लेकर शिकायतें मिली है इनका निराकरण भी किया जाएगा प्रत्येक शिविर की जानकारी ऊर्जस एप पर अपलोड की जाएगी

मुख्यमंत्री स्वैच्छानुदान निधि से स्वीकृत यह राशि संबंधितों के खाते में अंतरित की जा चुकी है मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कोरोना संकटकाल में प्राप्त आवेदनों पर त्वरित कार्यवाही कराते हुए जरूरतमंदों को आर्थिक मदद पहुँचाई है एयर कनेक्टिविटी भोपाल की देश के मुख्य शहरों की एयर कनेक्टिविटी कार्गो काम्प्लेक्स आदि जैसे अहम मुद्दों पर एयर कनेक्टिविटी भोपाल एएफबीडी के सदस्यों ने संभागायुक्त कवींद्र कियावत से मुलाकात की संभागायुक्त ने इस पर आवश्यकतानुसार उचित कार्रवाई करने की बात कही भोपाल के एयर कनेक्टिविटी की दिशा में कार्य कर रही संस्था एएफबीडी ग्रप के संस्थापक आबिद फारूकी और राज सरकार ने इस बैठक का आयोजन किया

कई जगह से तेज बारिश होने के समाचार है इससे खेतों में पानी भी भर गया है राजधानी भोपाल में भी कल दिनभर बादल छाये रहे और शाम होते ही तेज बारिश हई सिवनी जिले में कल रात से शुरू हई बारिश सुबह तक जारी रही

मंडला जिले में बारिश के कारण नर्मदा और उसकी सहायक नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है इसे देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने पूख्ता तैयारियां की है

साथ ही कहा है कि प्रवासी मजदूरों को उनके ग्राम में ही रोजगार उपलब्ध कराया जाये